श्री मोदी ने कहा कि भारत अन्य क्षेत्रों में निर्यात का प्रमुख केन्द्र बन सकता है श्री मोदी की माइक पेन्स के साथ मुलाकात की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि श्री पेन्स ने यह स्वीकार किया कि भारत ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक रूप से और राजनयिक रूप से अच्छी प्रगति की है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दुढ़ नेतृत्व की सराहना भी की श्री गोखले ने कहा कि दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत थे कि अमरीका से रक्षा संबंधित आयात में काफी बढ़ोतरी हुई हैं विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के बारे में सहयोग की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान श्री पेन्स को याद दिलाया कि हर तरह से और जो सबूत मिले हैं उससे यह सिद्व होता है कि वैश्विक आतंकी हमलों का स्रोत एक ही ओर संकेत देता है कि जो लोग मुंबई हमले में शामिल थे वही पाकिस्तान में हाल के चुनाव में भी शामिल थें ये न केवल भारत के लिए बल्कि अमरीका और समस्त अंतराष्ट्रीय समुदाय के लिए घोर चिंता का विषय है श्री मोदी ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री टी शनमुगारत्नम के साथ संयुक्त रूप से एपिक्स यानि एप्लीकेशन प्रोग्रेमिंग इंटरफेस एक्सचेंज का उद्घाटन किया एपिक्स विश्व की वित्तीय संस्थाओं को भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ने का एक माध्यम होगा उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण को करीब तीस हजार लोगो ने सुना प्रधानमंत्री ईस्ट एशिया शिखर बैठक आसियान भारत अनौपचारिक बैठक तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर बैठक आरसीईपी में भाग लेने के लिए आज सुबह दो दिन के लिए सिंगापुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यहां शौचालयों की कवरेज तेईस प्रतिशत थी जो अब बढ़कर निंनयानयें प्रतिशत हो गई है इस दौरान एक करोड़ छप्पन लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है श्री योगी कल लखनऊ में नीति आयोग भारत सरकार के साथ एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में सैंतीस जिले पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गये हैं और इस महीने के अन्त तक राज्य में शौचालयों का शत प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि प्रवानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत एक वर्ष में साढ़े आठ लाख से अधिक आवास बनाये गये हैं और इस माह के अन्त तक दस लाख आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा

श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखंड में हर घर को शुद्द पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार प्रयासरत है राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और बीस वर्षो में पहली बार नहरों की टेल तक पानी पहुंचा है बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्य सरकार की स्वच्छता ग्रामीण आवास सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की सराहना की संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अड़तीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया इस वर्ष मेले का विषय है भारत में ग्रामीण उद्यम अफगानिस्तान भागीदार देश है जबकि नेपाल विशेष आमंत्रित देश है सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही सम्पन्न हो गया व्रती श्रद्वालुओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किए और अपना व्रत पूर्ण किया इससे पहले कल शाम व्रती श्रद्वालुओं ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह रहा आज तड़के भारी संख्या में श्रद्वाल नदियों सरोकरो और छठ पर्व के लिए बनाए गये अस्थायी पोखरो के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे

राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक सौ उन्तीसवीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है हर वर्ष चौदह नवम्बर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों के अधिकारों देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम और उनके शासनकाल में देश के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया राज्य में लखनऊ कानपुर कूशीनगर अमरोहा सहित अनेकों स्थानों पर नेहरू जी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंलि दी गई